इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में पोस्टर भी जारी किया

बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत का पहले स्थान पर होना इस बात का सूचक है कि यहां इनके संरक्षण के कारगर प्रयास किए गए हैं

उन्होंने कहा कि भारत द्निया में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए हर तरह की मदद देने को तैयार है केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने जंगली जीवों को पर्याप्त मात्रा में पानी और भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक बडा कार्यक्रम श्रू किया है उन्होंने कहा कि देश में बाघों की संख्या और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं मौसम अपडेट प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश होने से जनजीवन पर असर पड़ा है राजधानी देहरादून में भी आज तेज बारिश ह्ई जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया इससे जगह जगह जाम भी लगा मौसम विभाग ने आज पौड़ी और चंपावत जिलों में तीव्र दौर के साथ बहत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है साथ ही पिथौरागढ़ बागेश्वर नैनीताल और उधमिसंह नगर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है कल और परसो देहरादून हरिद्वार रुद्रप्रयाग चमोली और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है बारिश से पर्वतीय जिलों में जनजीवन प्रभावित हआ है

घटना की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खोज बचाव करते हुए महिला का शव बरामद कर लिया इस दैवीय आपदा में पश् हानि भी हई है बारिश के कारण क्षेत्र में कृषि भूमि भी क्षतिग्रस्त हुई है राजस्व विभाग द्वारा क्षति का आंकलन किया जा रहा है तथा प्रभावितों को एसडीआरएफ के मानकों के अन्सार अन्मन्य सहायता राशि दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है पिथौरागढ़ आपदा पिथौरागढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से बंगापानी तहसील में मंगलवार को भारी न्कसान हुआ है बारिश से एक महिला की मृत्य् हो गयी है जबकि एक अन्य महिला लापता बतायी जा रही है सीमा सड़क संगठन चीन सीमा का जोड़ने वाला प्ल बह गया है लोगों की मदद के लिये जिला प्रशासन ने हेलीकाप्टर की मांग की है एक समाचार एजेंसी के म्ताबिक पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डा विजय क्मार जोगदंडे ने बताया कि बीती रात को हुई भारी बारिश के चलते बंगापानी तहसील में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी न्कसान हुआ है ग्राम मितली में एक महिला मलबे की चपेट में आ गयी थी जिससे उसकी मृत्य् हो गयी है ग्रामीणों ने उसका शव मलबे से बरामद कर लिया है जारा जीबली गांव में भी एक महिला लापता बतायी जा रही है यहां गांव में भी न्कसान हुआ है जौलजीबी म्नस्यारी मिलम राजमार्ग को जोड़ने वाला करोड़ों की लागत वाला पुल बह गया है बीआरओ ने इस प्ल को दो साल पहले ही बनाया था नदी के तेज बहाव के चलते इसी से क्छ द्री पर बने बीआरओ के एक अन्य प्ल को खतरा बना हआ है

इनको स्रक्षित जगह पर पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है इसके लिए उन्होंने सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की है वहीं बंगापानी बांसबगड़ में घरों में मलबा घ्सने की खबर भी है

एम्स ऋषिकेश देश का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान होगा जहां एअर एम्ब्लेन्स की स्विधा उपलब्ध होगी इस सेवा के श्रू होने से पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा राज्य के द्र दराज के क्षेत्रों से गंभीर किस्म के रोगियों को एअर एम्ब्लेन्स के माध्यम से सीधे एम्स ऋषिकेश लाया जा सकेगा आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य के लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद साबित होगा

इस सम्बन्ध में शहरी विकास मंत्री ने निर्देश दिये कि लॉकडाउन अवधि यानि शनिवार और रविवार को विशेष रूप से कार्यो में तेजी लायी जाए उन्होंने भविष्य में गैस पाईप लाइन के लिए भी पहले से योजना बनाने के निर्देश दिये कृषि मंत्री टिहरी प्रदेश के कृषि मंत्री स्बोध उनियाल ने कहा है कि केवल एक ही व्यक्ति कम्य्निटी लेवल पर कोरोना वायरस के प्रसार का कारण बन सकता है इसलिए ऐसे संवेदनशील समय में सावधानी और सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है

उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में ग्राम पंचायतों ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ाई की समय सीमा तय नहीं है इसलिए आगे भी निरंतर इसी प्रकार प्रयास किए जाने की जरूरत है उन्होंने डेंग् से बचाव के लिए साफ सफाई और फॉगिंग की ग्णवत्ता में स्धार लाने के निर्देश दिए साथ ही मॉनसून को लेकर सभी व्यवस्थाएं द्रुस्त रखने को कहा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आपदा से जान माल की क्षति होती है तो तत्काल उसका आंकलन करते हुए प्रभावितों को प्राथमिकता के आधार पर राहत पहुंचाई जाए

उधर चमोली जिले में आज कोरोना संक्रमण के दो नए मामले सामने आए है यहां पर आगरा से जोशीमठ पहंचे दो आर्मी के जवानों में कोरोना संक्रमण की प्ष्टि हई है दोनों जोशीमठ के आर्मी हॉस्पिटल में क्वारंटीन थे आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है

जिले की पहली मशीन कलेक्ट्रेट में स्थापित की गयी है जरुरत वाले स्थानों को च्नकर मशीन को वहां पर भी स्थापित किया जायेगा जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि मास्क वेण्डिंग मशीन निश्चित तौर पर मास्क की अन्पलब्धता और भीड़ वाले स्थानों पर लोगों के लिए सहलियत प्रदान करेगी यह वेण्डिंग मशीन रीयूजेबल फेस मास्क डिस्पेंस करती है

हवाई सेवा शुभारंभ नागरिक उइडयन मंत्रालय कल से देहराद्रन से नई टिहरी श्रीनगर और गौचर के लिए हवाई सेवा श्रू करने जा रहा है देहरादून से नई टिहरी श्रीनगर और गौचर को जाने वाली पहली उड़ान का श्भारंभ कल केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और प्रदेश के म्ख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जायेगा देहरादून से नई टिहरी श्रीनगर और गौचर को जाने वाली यह सेवा सप्ताह मे तीन दिन सोमवार ब्धवार और श्क्रवार को संचालित की जायेगी एयरपोर्ट के निदेशक डॉ डी के गौतम ने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से दूरस्थ क्षेत्रो में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा

ऑनलाइन शिक्षण कार्यों के बेहतर ढंग से संचालन को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला और ब्लाक स्तर पर उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है

आपको बता दें कि ऑनलाइन और आफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था में विशेषकर नौवीं दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों पर फोकस किया जा रहा है हाईकोर्ट ऑन ऑली नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में जैव विविधता के लिहाज से संवेदनशील विरासतों की पहचान के लिये चार सप्ताह के अंदर एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिये हैं